धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया के समर्थन में कल पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर सांसद किशन कपूर ने लोगों से विशाल नैहरिया के पक्ष में सहयोग मांगा कांग्रेस उम्मीदवार विजय इन्द्र कर्ण भी प्रचार में जुटे हैं उधर पच्छाद से भाजपा की रीना कश्यप और कांग्रेस के गंगू राम मुसाफिर के अलावा निर्दलीय दयाल प्यारी भी लोगों से समर्थन मांग रहे हैं दशहरा विजयादशमी और दशहरे का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्ला्स से मनाया जा रहा है यह दिन बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है महादेवी दुर्गा ने दस दिन के युद्ध के बाद इसी दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति पूजा के बाद भगवान राम ने भी विजयादशमी पर ही रावण का वध किया था इसके प्रतीक स्वरूप विभिन्न भागों में आज शाम रावण दहन का कार्यक्रम पारम्परिक आस्था और विश्वास के साथ सम्पन्न होगा प्रदेश भर में इस अवसर पर विशेष आयोजन किये गये हैं जिनमें रावण मेघनाद और कुम्भकर्ण के पुतले जलाए जायेंगे

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा से उत्सव का शुभारंभ करेंगे इस उत्सव में भाग लेने के लिए विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में देवी देवता कुल्लू पहुंच गए हैं

उन्होंने शिप शेयररों की समस्या के लिए वूल फैडरेशन के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया

सिरमौर जिला के निर्वाचन अधिकारी आर के परूथी ने कल राजगढ़ में स्ट्रांग रूप का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया बाद में उन्होंने सामान्य पर्यवेक्षक शिवराज एस दृ पाटिल को निर्वाचन के विषय में जानकारी दी उन्होंने समी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श चुनाव आचार संहित की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है इस बीच आईटीआई राजगढ़ में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को चुनाव सबंधी गतिविधियों की जानकारी दी गई अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा के हिमाचल पहंचने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर ने जेपी नड्डा के हवाले से सुर्खी दी है मोदी ने बदली राजनीति की संस्कृति मेवा खाने की मंशा रखने वाले सेवा को हुए मजबूर दैनिक जागरण का शीर्षक है भाजपा को शीर्ष तक ले जाना मेरी ज़िम्मेदारी

आपका फैसला के अनुसार वाहनों की आवाजाही के लिए रोहतांग दर्रा बंद दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के उंचे क्षेत्रों में बर्फबारी ठंड बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आज शुभारंभ करेंगे राज्यपाल शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है ढालपुर क्षेत्र में पुलिस का पहरा कड़ा कमांडो तैनात

आपका फैसला के मुताबिक रघुनाथ जी की ऐतिहासिक रथयात्रा से देव महाकृभ का आगाज आज बहचर्चित छात्रवृति घोटाले पर दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है सीबीआई दायर करेगा पहली चार्जशीट पंजाब केसरी का शीर्षक है निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ सीबीआई ने तैयार की चार्जशीट

नमस्कार